मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने के दिये निर्देश

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को यह जानकारी दी फिल्मस डिविजन चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी नेशनल फिल्म आर्काइव्ज डायरोक्टरेट ऑफ फिल्म फोस्टिवल इन चारों संस्थाओं का एमएफडीसी में विलय करने का निर्णय हुआ है लेकिन सभी जो काम चल रहे हैं यानी जो फिल्मस डिविजन काम कर रही है जो विल्ड्रन फिल्म सोसायटी काम कर रही है जो डायरोक्टेरेट ऑफ फिल्म फोस्टिवल काम कर रहा है जो एनएफआई काम कर रहा है वो सारे काम चलते रहेंगे वो नहीं बंद होंगे

इन विभागों के विलय के साथ ही उनकी परिसम्पत्तियों और कर्मचारियों को भी समाहित करने के बारे में व्यवस्था की जा रही है सभी मीडिया इकाईयों के कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा और किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत में डीटीएच सेवाओं को उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी डीटीएच लाइसेंस बीस वर्षों के लिए जारी किए जायेंगे और लाइसेंस शुल्क तिमाही आधार पर लिया जाएगा डीटीएच संचालकों के बीच संसाधनों के बटवारे की भी व्यवस्था की गई है श्री जावडेकर ने कहा कि डीटीएच सेवाओं में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के लिए भी दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नियमावली में विशेष प्रावधान को तीन वर्ष बढाने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दी

इस योजना का केन्द्रीय भाग प्रत्यक्ष धन अंतरण के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं

देश में सबसे ज्यादा कोरोना की जाँचों की संख्या उत्तर प्रदेश में होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जाए

उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिये कि कोरोना टीका करण के लिए कोल्ड चैन भंडारण क्षमता आदि से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रमावी तरीक से पूरी कर ती जाएं और टीकाकरण के लिए वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण पूरी क्षमता और गति के साथ चलाया जाए

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम लोक भवन प्रांगण में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहे उन्होंने हमेशा उपेक्षित लोगों के उत्थान के प्रयास किये मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सादगी और सत्यनिष्ठा के आदर्श थे मृख्यमंत्री ने किसान दिवस पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण वितरित किये और किसान क्रेडिट कार्ड ऐप का लोकार्पण किया इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं लेकिन जो लोग देश और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं यह बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी मंडिया समाप्त नहीं होगी लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है ईपीएफसी एक्ट के अंतर्गत यह प्राक्षान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं बिना किसी टैक्स के बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है गोरखपुर महाराजगंज बरेली हापुड़ मेरठ कौशाम्बी मऊ सिद्वार्थनगर बस्ती समेत विभिन्न जनपदों में भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयन्ती कल किसान सम्मान दिवस की रूप में मनाया गया स्वरोजगार परक योजनाओं में लक्ष्य हासिल नहीं करने और कार्यो में शिथिलता बरतने पर एटा श्रावस्ती महराजगंज और गौतमबुद्द नगर के जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है वहीं सुल्तानपुर में जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है